राष्ट्रपति रामनाथ कोविन्द ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय खेल प्रस्कार प्रदान किये भारतीय क्रिकेट कप्तान विराट कोहली और भारोत्तोलन में विश्व चम्पियन मीराबाई चानू को देश के सर्वोच्च राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया इसके अन्तर्गत पदक और प्रशस्ति पत्र के अलावा प्रत्येक खिलाड़ी को साढ़े सात लाख रूपये नकद धनराशि दी जाती है इस वर्ष बीस खिलाडियों को अर्जुन पुरस्कार प्रदान किये गये राष्ट्रपति ने आठ प्रशिक्षकों को द्रोणाचार्य और चार खिलाडियों को ध्यानचंद प्रस्कार भी प्रदान किये प्रदेश सरकार ने किसानों के बकाया गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए पांच हजार पांच सौ पैंतीस करोड़ रूपये का आवंटन कर दिया है इस धनराशि से चीनी मिलों को विभिन्न प्रकार की सहायता प्रदान की जायेगी आज लखनऊ में कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गन्ना किसानों के सभी देयों का भुगतान इस वर्ष नवम्बर माह तक कर दिया जायेगा गत पेराई सत्र के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु सभी चीनी मिलों को साढ़े चार रूपये प्रति कुन्टल की दर से पांच सौ करोड़ रूपये का अनुदान दिया जायेगा पेराई सत्र दो हजार सोलह सत्रह और सत्रह अट्ठारह के बकाया गन्ना भुगतान के लिए निजी क्षेत्र की चीनी मिलों को चार हजार करोड़ रूपये का साफ्ट लोन विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध कराया जायेगा सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए एक हजार दस करोड़ रूपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है बैठक के दौरान अन्य महत्वपूर्ण फैसलों के साथ प्रतापगढ़ में कुंडा विधानसभा क्षेत्र में गंगा सेतु करैती घाट पहुंच मार्ग के लिए दो सौ अड़तालीस करोड़ नवासी लाख रूपये की धनराशि आवंटित करने का निर्णय लिया गया है इलाहाबाद में अगले वर्ष लगने वाले कुंभ मेले में अस्थायी विद्युतीकरण और अनवरत विद्युत आपूति के लिए दो सौ छब्बीस करोड़ पंचानवे लाख रूपये की धनराशि अनुमोदित की गई है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है एक ट्वीट में श्री मोदी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय को याद किया और उनसे संबंधित एक वीडियो साझा किया प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस अवसर पर लखनऊ में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्वाजंलि अर्पित की राज्यपाल श्री नाईक ने अपने संदेश में कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अपना पूरा जीवन देश की निःस्वार्थ सेवा में लगा दिया

एक उत्कृष्ट संगठनकर्ता और निष्ठावान नेता के रूप में वे भारतीय जनता पार्टी के मार्ग दर्शक और प्रेरणा स्रोत रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने व्यक्तिगत निष्ठा के सर्वोच्च मानकों का पालन किया वे भाजपा की स्थापना के समय से ही वैचारिक दिशा निर्देश देने वाले और नैतिक प्रोत्साहन के स्रोत के रूप में जाने जाते हैं एक दार्शनिक तथा उत्कृष्ट संगठनकर्ता पंडित उपाध्याय भाजपा के लिए वैचारिक मार्गदर्शन और नैतिक प्रेरणा के स्रोत रहे हैं एक वर्गहीन जातिहीन आर संघर्ष मुक्त सामाजिक व्यवस्था के रूप में इसको देखा जाता है एकात्म मानव वाद में भारतीय संस्कृति और सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने के साथ समन्वय की बात कही गई है राज्यपाल राम नाईक और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज आगरा के डॉक्टर बीआरअम्बेडकर विश्वविद्यालय में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया इस अवसर पर जन समूह को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय का एकात्म मानव दर्शन हम सबको इस बात के लिए प्रेरित करता है कि विचार कभी मरता नहीं है

कुछ दिनों तक मौसम सूखा रहने के बाद प्रदेश के विभिन्न इलाकों में एक बार फिर से जोरदार बारिश हुई है मुजफ्फरनगर में लगातार हुई तेज बारिश से शहर के तमाम हिस्सोंर में पानी भर गया है जिससे आम जनजीवन अस्तं व्यरस्त हो गया है और ट्रैफिक के साथ ही बिजली व्य वस्था भी चरमरा गई मॉनसून के जाते जाते हुई इस जोरदार बारिश से धान और सब्जियों को काफी नुकसान पहुंचा है तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से धान की खड़ी फसल खेतों में गिर गई बारिश की वजह से कई जिलों में गन्ने और सब्जियों के खेतों में भी पानी भर गया है जिससे फसलें बर्बाद हो रही हैं सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को देनी होगी प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि नागरिकों को अपने उम्मीदवार के रिकॉर्ड के बारे में जानने का अधिकार है और राजनीतिक दलों को अपने उम्मीदवारों से संबंधित रिकॉर्ड अपनी वेबसाइट पर डालने होंगे प्रधान न्यायाधीश ने उम्मीदवारों के खिलाफ आरोप तय होने के बाद उन्हें चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर सर्वसम्मति से फैसला सुनाया और कहा कि संसद को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि अपराधी राजनीति में न आने पाएं न्यायमूर्ति आरएफ नरीमन न्यायमूर्ति एएम खनविलकर और न्यायमूर्ति इंदु मल्होत्रा की खंडपीठ ने भो विधायिका से राजनीति में अपराधोकरण को रोकने के लिए कानून बनाने पर विचार करने को कहा था देश में हर घर तक बिजली पहुंचे इस मकसद से केन्द्र सरकार ने बिजली के क्षेत्र में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना यानी सौभाग्य योजना चलाई उत्तर प्रदेश में इस योजना से लोगों की जिंदगी में व्यापक बदलाव आये हैं और सरकार का लक्ष्य है कि इस वर्ष के अंत तक प्रदेश में हर घर तक बिजली पहुंच जाये हापुड़ से हमारे संवाददाता की ग्राउंड रिपोर्ट उत्तर प्रदेश में सौभाग्य योजना के तहत उन घरों में भी बिजली पहुंची जो आजादी के बाद से ही अंधेरे में थे प्रदेश के पांच जिलों को सौभाग्यशाली घोषित किया गया है यानी जहां बिजली लेने के इच्छुक घरों में कनेक्शन देने का काम सौ फीसदी पूरा हो गया है इन्हीं में से एक जिला है हापुड़

मसोढ़ा गांव में इस योजना के एक लाभार्थी नसीम ने आकाशवाणी से बातचीत में सरकार के प्रति आभार जताया और इस स्कीम को शुरू करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया

बाकी बचे कनेक्शन भी इस वर्ष के अंत तक दिये जाने की तैयारी है ताकि प्रदेश का हर घर राशन हो सके